राज्य सरकार अब किसानों से गेंहू और दलहन भी खरीदेगी

यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है इस मामले में आज फैसला सुनाया जायेगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यूरिया सब्सिडी योजना को दो हजार सत्रह से दो हजार बीस तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है इस पर करीब एक लाख पैंसठ हजार करोड़ रुपये अनुमानित लागत आयेगी मंत्रिमंडल ने उर्वरक सब्सिडी के वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को भी लागू करने को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के प्रश्नपत्र लीक होने संबंधी आरोप के संबंध में प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया है सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने कथित एसएससी परीक्षा घोटाला मामले में शुरुआती जांच का प्रकरण दर्ज किया है गौरतलब है कि पांच मार्च को सरकार ने एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था राज्य सरकार धान के साथ ही अब किसानों से गेहूं और दलहन भी खरीदेगी इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनायी गयी है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने विधानसभा में बताया कि सब्जी उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर सहकारी समिति का गठन किया जाएगा उन्होंने बताया कि पटना नालंदा वैशाली समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के संतानवे में से तिरासी प्रखंडों में पायलट परियोजना के तौर पर ऐसी समिति का गठन किया गया है और अब सभी जिलों में इसका गठन किया जाएगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी जिसका प्रमुख एक जाने माने वैज्ञानिक को बनाया जाएगा उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इस प्रकोष्ठ में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा युवा पेशेवर भी होंगे जो देश में नवाचार को बढ़ावा देने के बारे में काम करेंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने विश्व नवाचार रैंकिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पंद्रहवें वित्त आयोग ने सांसदों के साथ पहली बार बैठक कर उनके कार्यक्षेत्र और विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की इस बैठक का उद्देश्य सांसदों को आयोग के शिड्यूल और कार्यक्षेत्र से अवगत कराना था आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने बताया कि आयोग राज्यों में मशविरा प्रक्रिया की शुरुआत अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश से करेगा और इस साल के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है बैठक में सांसदों ने कार्यक्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छता ठोस कचरा निपटान और खुले में शौच के लिए व्यवहार में बदलाव की दिशा में हुई प्रगति को शामिल करने की सराहना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की ये बयालसवीं कड़ी होगी लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप और माइ जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वहीं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को संदेश भेजा जा सकता है आगामी अप्रैल महीने से भू लगान का ऑनलाईन भूगतान किया जायेगा राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक सभी प्रक्रिया पूरी कर रही है राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने विधानसभा में बताया कि ऑनलाईन भू लगान भूगतान के लिए एनआईसी से सहयोग लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल से पेमेंट गेटवे के माध्यम से रैयतों को भू लगान के बकाया के बारे में ऑनलाईन जानकारी मिलने लगेगी इसके साथ ही रैयत ऑनलाईन भुगतान भी करने लगेंगे श्री मंडल ने कहा कि राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज की व्यवस्था की जायेगी नेवी और वायू सेना के सिपाही हवलदार और समकक्ष पद के रिटायर्ड फौजियों को पुत्री की शादी के लिए पचास हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी अब तक इस कार्य के लिए सिर्फ सोलह हजार रूपये की मदद मिलती थी इस संबंध में भूतपूर्व सैनिक संघ के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दो बेटियों वाले रिटायर्ड फौजियों को मदद के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा यह सहायता सिर्फ दो बेटियों की शादी के लिए ही मान्य होगी एक साथ दो वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था एक अप्रैल से समाप्त हो जायेगी आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के साथ दो हजार सोलह सत्रह का रिटर्न दाखिल करने की मोहलत विभाग ने दी है इस बार दो हजार सोलह सत्रह के साथ चालू वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न इकतीस मार्च तक ही स्वीकार हो सकेगा प्रदेश में अगले एक दो दिनों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार केरल में आये तूफान और बारिश का प्रभाव पश्चिम बंगाल से बिहार तक होने की संभावना है आज पूर्वी चंपारण के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ छिंटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है इस मौके पर पटना समेत राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को उपभोक्ता अधिकार दिवस की बधाई दी इस्टर्न स्टेट हेमन ट्राफी बी डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में रोहतास मुंगेर मधेपुरा और गोपालगंज ने अपने अपने मैच जीत लिये हैं आज बक्सर का मुकाबला शेखपुरा से गोपालगंज का पश्चिम चंपारण से सहरसा का कटिहार से और लखीसराय का मुकाबला बांका से होगा पटना के पाटलिपुत्र कॉम्पलेक्स में खेली जा रही राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के सब जूनियर बालक वर्ग में सम्राट अशोक एकादश ने पाटलिपुत्र एकादश को पैंतालीस चौवालीस से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फुलपुर लोकसभा सीटों पर भाजपा की हार को भी अखबारों ने तरजीह दी है अररिया लोकसभा और जहानाबाद तथा भभुआ विधानसभा उपचुनाव में राजद और भाजपा द्वारा अपनी अपनी सीट बचाये रखने से जुड़ी खबर को अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से छापा है हिन्दुस्तान ने लिखा है राजद भाजपा अपनी अपनी सीट बचाने में सफल दैनिक भास्कर ने लिखा है अररिया और जहानाबाद में बेटों और भभुआ में पत्नी ने कायम रखी जीत की विरासत इस खबर से जुड़े आंकड़े और विजयी उम्मीदवारों की तस्वीर भी अखबारों ने छापा है उपचुनाव परिणाम पर कई अखबारों ने अपनी विशेष टिप्पणी भी लिखी है दैनिक जागरण ने चारा घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र से जुड़े चौथे मामले में आज फैसला होने की खबर को प्राथमिकता दी है अखबार ने लिखा है चारा घोटाले में लालू जगन्नाथ से जुड़े चौथे मामले में फैसला आज इस खबर को प्रभात खबर ने भी तरजीह दी है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के निधन से जुड़ी खबर को अखबारों ने प्राथमिकता दी है

राज्य सरकार अब किसानों से गेंहू और दलहन भी खरीदेगी